सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने पिछले पांच वर्षो में सड़क दर्घटनाओं में हई चार प्रतिशत की वृषि की चिंता वक्त की है उन्होंने कहा कि सड़क स्रक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है वे आज नई दिल्ली में सड़क स्रक्षा से सम्बधित पक्षों को सम्बोधित कर रहे थे श्री गडकरी ने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने सड़कों पर दुर्घटनाओं वाली जगहों को हटाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सात सात हजार करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने के लिए सम्बधित सभी पक्षों को आपसी तालमेन बनाकर काम करने का आहवान किया सांसद रमेश कौशिक ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा किया आंज जींद में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत मे उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे है वे केवल अपनी राजनीति कर रहे है इस अवसर पर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज की बैठक मे केन्द्र सरकार दवारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई हरियाणा के खेल एवं यूवा कार्यक्रम मंत्री श्री संदीप सिंह ने भी आज पहेवा हलके के कई गांवों में धन्यवाद दौरे के दौरान सभाओं में कहा कि क्छ राजनैतिक दल देश में भाईचारे की भावना को ठेस पहंचा रहे है राष्ट्रपिता ने भी शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने की बात की श्री संदीप ने आज बांव कैंथला में रविदास चौपाल का शिलानयास किया अम्बाला छावनी में भी गृहमंत्री अनिल विज द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कल एक विशाल जन समूह के साथ जन जागरण यात्रा निकाल कर लोगों को इस बारे जागरूक किया गया देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का उत्सुक्ता से इंतजार कर रहे है

इसमें देश भी से दो हजार से अधिक विदयार्थी शिक्षक और अभिभावक हिस्सा लेंगे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री च्निंदा विदयार्थियों से बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए उनके सवालों का जवाब देंगे

एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार प्रधानमंत्री का सम्बोधन द्रदर्शन नैशनल द्रदर्शन के राष्ट्रीय चैनल डी डी इंडिया तथा रेडियों चैनलों प्रधानमंत्री कार्यालय व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट एजूसेट पर लाइव प्रसारण की अलावा द्रदर्शन फेसब्क माई गोव डॉट इन एंवं एम एचआरडी के के यू यटूब चैन व स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारण किया जायेगा साथ ही उत्कर्ष सोसायटी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से सभी स्कूलों में जेनरेटर या इंनर्वटर की स्विधा रखने को कहा है ताकि प्रसारण बाधित न हो आईटीसी लैब में वेबकास्टिंग दवारा लाइव प्रसारण सुना जा सकता है हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि पंचायतें लोगों को बिजली बिल भरने के लिए प्रेरित करें ताकि विधृत आपूर्ति बेहतर की जा सके

इसके चलते बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है आज सिरसा में नागरिकों की समस्यायें सुनने हये श्री रणजीत सिंह ने अधिकरियों को समस्याओं के समाधान बारे आवश्यक निर्देश भी दिये इस दौरान जिले की नई पंचायतें भी अपनी समस्याओं के लिए बिजली मंत्री से मिली मंत्री ने उन्हें गांव के सर्वहित के लिए काम करने को कहा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना जताई है आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन नायक जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व से बात हई है और उम्मीद है कि गठबंधन का कोई न कोई रास्ता निकलेगा मीडिया के सवालों का जवाब देते हये उन्होंने कहा दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए एवं भारतीय जनता पार्टी को जन नायक जनता पार्टी का सहयोग रहेगा ऐसा उनका मानना है

गौरतलब है कि कल उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा से म्लाकात की थी जिसमें जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर चर्चा हई थी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज लोहड़ी व संकट चौथ का त्यौहार पूरी श्रदवा व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है खुशिया लेकर आने वाले इस त्यौहार के मौके पर बरसात के कारण बाज़ारों में कम चहल पहल रही ेलेकिन लोगों में त्यौहार को लेकर वैसा ही उत्साह बना हआ है आज प्रदेश में कई स्थानों से लोहड़ी मनाने के समाचार है

अम्बाला में आज कई सामाजिक संस्थाओं दवारा कार्यक्रम आयोजित किये गये प्राप्त समाचारों के अन्सार लोग लोहड़ी जलाकर मौसम की ठंडक को दूर कर रहे है और गिद्दा और भंगड़े के साथ मौसम के बदलाव का स्वागत कर रहे है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पर हार्दिक बधाई व श्भकामनाएं दी है उन्होंने सबके सुख शांति समृद्धि व धन धान्य से परिपूर्ण होने की कामना भी की है मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर जारी सन्देश में मुख्यमंत्री ने त्योहारों को समग्र सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये त्योहार देश के साम्प्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताने बाने को सुदृढ़ करते हैं

हरियाणा के कई जिलो और चंडीगढ़ में आज तेज़ वर्षा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त् हो गया पंचकला से हमारी संवाददता ने बताया कि तेज़ हवाओं के साथ दरमियानी बारिश हई और मौसम के करवट लेते ही दिन में अंधेरा छा गया वहीं यम्नानगर जिले के अधिकतर इलाकों में दोपहर बाद हुई तेज़ वर्षा और ओलावृष्टि से कड़ाके की ठंड दर्ज की गई हमारे संवाददाता ने बताया कि ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को न्कसान पहंचा है मिली जानकारी के अन्सार यम्नानगर जगाधरी रादौर सरस्वती छछरौली और अम्बाला में तेज़ बरसात हई जबकि जागधरी यम्ना नगर दामला आदि इलाकों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई कृषि विभाग के अधिकारी डा राकेश कुमार ने कहा कि ओलावृष्टि से गेहं की फसल को ज्यादा न्कसान पहंचा है सही स्थिति का अंदाजा कल तक लगेगा

पलवल मे गन्ना उत्पादक किसानों ने आज चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने और गन्ने की फसल का समय पर भ्गतान करने की मांग को लेकर लघ् सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरोत की अध्यक्षता मे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को जापन भी सौंपा